टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को तेरह फरवरी से दी जायेगी दूसरी डोज

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ड्यूटी के दौरान मृत या दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने वाले होमगार्ड जवानों के आश्रितों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लागू किये गये प्रावधानों के अनुसार लाभ मिलेगा आश्रितों की श्रेणी में पहले पत्नी उसके बाद बेटा और बाद में अन्य को रखा गया है इसके अलावा बैठक में बिहार नगर पालिका सेवा संवर्ग नियमावली दो हजार इक्कीस को स्वीकृति दी गई नई नियमावली के लागू होने के बाद नगर निकाय कर्मियों की सेवा शर्तो में बदलाव होगा इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने बिहार प्रोबेशन सेवा के कर्मियों को वेतन का लाभ देने के लिए दो हजार चौदह में बनी नियमावली के स्थान पर बिहार प्रोबेशन सेवा नियमावली दो हजार इक्कीस के गठन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी कैबिनेट ने कला संस्कृति और युवा विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग भर्ती और सेवा शर्त नियमावली दो हजार इक्कीस को भी स्वीकृति दी है राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई ने डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जा रही राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन से तीन करोड़ रुपए मूल्य के सोना के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है निदेशालय के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन की तलाशी के दौरान ये बरामदगी हुई मौके से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है सोने के चार बिस्कुट मिले हैं जिसका वजन छह किलोग्राम है दोनों गिरफ्तार तस्कर महाराष्ट्र के सांगली के रहने वाले हैं बरामद सोने की बिस्किट म्यांमां से तस्करी के जरिए भारत लाई गई थी और उसे असम के रास्ते दिल्ली ले जाना था प्रदेश में अब तक चार लाख चौदह हजार सात सौ छियानवे लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं कल सत्रह हजार बहत्तर लोगों का टीकाकरण हुआ जिसमें सात हजार दो सौ बासठ स्वास्थ्यकर्मी और नौ हजार आठ सौ दस अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार किसी लाभार्थी के स्वास्थ्य पर टीके का गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में अब तक तिरसठ लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाये गए हैं स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को तेरह फरवरी से दूसरी डोज दी जायेगी

एक दिन में एक सौ बीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या दो लाख उनसठ हजार एक सौ चौहत्तर हो गई है वहीं इसी अवधि में बानवे नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख इकसठ हजार चार सौ सैंतालीस हो गया है पिछले चौबीस घंटे में एक व्यक्ति की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार पांच सौ अठारह हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या सात सौ चौवन है पटना उच्च न्यायालय ने विभिन्न विभागों द्वारा लम्बे समय से खर्च की गयी धन राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने के मामले में राज्य सरकार को जवाब तलब किया है एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार को हलफनामा दायर करने का आदेश दिया इस मामले में राज्य के एकाउंटेंट जनरल द्वारा दायर हलफनामे में बताया गया है कि वर्ष दो हजार तीन से दो हजार उन्नीस तक विभिन्न विभागों द्वारा खर्च की गयी छियासी हजार करोड़ रूपये की राशि का अब तक उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है मामले की अगली सुनवाई एक मार्च को होगी केन्द्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत राज्य की पर्यटन परियोजनाओं के लिए तीन सौ उनतीस करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं श्री पटेल ने राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि इसमें से दो सौ इकतालीस करोड़ रूपये जारी किये जा चुके हैं मौसम विभाग ने प्रदेशभर में हवा के रूख में आये बदलाव के कारण तापमान बढ़ने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग के अनुसार अब उत्तर पश्चिम की जगह दक्षिण और दक्षिण पश्चिम हवा चलनी शुरू हो गयी है जिसके प्रभाव से दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी इधर आज सुबह पटना सहित आप पास के हिस्सों में हल्का कोहरा छाया रहा नये शैक्षणिक सत्र में प्रदेश के उच्च और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों की सेवा ली जायेंगी शिक्षा विभाग के अनुसार जिन मध्य विद्यालयों में इस वर्ष से नौवीं की पढ़ाई शुरू होनी है वहां भी ऐसे शिक्षक रखे जायेंगे इन शिक्षकों को प्रत्येक कार्य दिवस के लिए नौ सौ रूपये का भुगतान किया जायेगा शिक्षा विभाग ने वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम कर रहे लगभग पौने तीन लाख शिक्षकों के वेतन के लिए सोलह अरब चौवन करोड़ रूपये की राशि जारी कर दी है यह राशि राज्य मद से जारी की गयी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत सात दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे हैं श्री भागवत आज दक्षिण बिहार प्रांत कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करेंगे जदयू ने सांसद रामनाथ ठाकूर को राज्यसभा में संसदीय दल का नेता बनाया है अब तक ये पद पार्टी अध्यक्ष आरसीपी सिंह के पास था आरसीपी सिंह ने संगठन के काम में अधिक समय देने के कारण पद छोड़ने की इच्छा जताई थी भारत से बांग्लादेश के बीच जल्द ही एक जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन शुरू होगा कटिहार रेल मंडल के प्रबंधक रविन्द्र कुमार वर्मा ने कटिहार में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि यह ट्रेन न्यूजलपाईगुड़ी से ढ़ाका के बीच चलायी जायेगी

पूर्व मध्य रेलवे ने पटना से कटिहार के बीच चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस की परिचालन अवधि बढ़ा दी है अब यह ट्रेन प्रत्येक दिन इकतीस मार्च तक चलेगी प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी वार्डों में प्रत्येक महीने के पहले ग्रूवार को जल चौपाल का आयोजन होगा इस चौपाल के दौरान जलापूर्ति योजनाओं के बेहतर संचालन रख रखाव पेयजल की शुद्धता और परियोजना के तहत लगे संयंत्रों को सुरक्षा पर चर्चा होगी इसमें पीएचईडी और पंचायती राज विभाग के अधिकारी शामिल होंगे मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान में कल से सत्ताईस फरवरी तक सेना में बहाली के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा इसके तहत सात जिले पटना बक्सर भोजपुर सीवान सारण गोपालगंज और वैशाली जिले के अभ्यर्थी शामिल होंगे राजगीर जू सफारी के लिए वाकिंग डियर नामक हिरण की प्रजाति के आठ पश् राजगीर पहुंच गये हैं सफारी के निदेशक हेमंत पाटिल ने यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि जल्द ही अन्य राज्यों से पशु लाये जायेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा के आठवें दिन कल पांच परीक्षार्थियों को कदाचार के आरोप में निष्कासित किया गया सबसे अधिक औरंगाबाद से तीन परीक्षार्थी निष्कासित हुये वहीं दूसरे के बदले परीक्षा दे रहे तीन अभ्यर्थियों को भी गिरफ्तार किया गया है औरंगाबाद जिले की एक अदालत ने चर्चित संजय शर्मा हत्याकांड में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है दोनों पर दस दस हजार रूपये का जुर्माना भी किया गया है पश्चिम चम्पारण जिले की बेतिया स्थित एक अदालत ने छात्रा से छेड़खानी के आरोप में दोषी ठहराये गये तीन लोगों को पांच पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है भोजपुर जिले के सहार थाना में पदस्थापित होमगार्ड के एक जवान को बालू लदे ट्रकों से वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है गया जिले के शेरघाटी थाना क्षेत्र अन्तर्गत चट्टी मोहल्ला से पुलिस ने कुख्यात शराब तस्कर सुनील चौधरी को गिरफ्तार किया है वह पिछले एक साल से फरार चल रहा था समस्तीपूर जिले के दलसिंहसराय से बेगूसराय पूलिस ने एक सौ ग्राम सोना के साथ तीन अपराधियों को गिरफ्तार किया है ये सभी पिछले दिनों बेगूसराय के तेघड़ा स्थित एक आभूषण दुकान में हुई लूट के मामले के आरोपी है पश्चिम चम्पारण जिले के गौनाहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत मंगूराहा वन क्षेत्र के हरकटवा गांव में एक बाघ के हमले में बकरी चराने गयी एक वृद्धा की मौत हो गयी पुलिस ने बताया कि बाघ वाल्मिकीनगर अभ्यारण्य से भटक कर आबादी वाले क्षेत्र में आ गया था रोहतास जिले के डिहरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत नीलकोठी मोहल्ला में अपराधियों ने एक महिला दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी मध्रबनी जिले के फुलपरास थाना क्षेत्र अन्तर्गत सिजौलिया गांव के पास से पुलिस ने दो ट्रक से पांच सौ अट्ठाईस कार्टन शराब बरामद की है मौके से सात तस्करों को गिरफ्तार किया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्यमंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर की सुर्खी है नीतीश के तीस रत्न अठारह पहली बार मंत्री बने हिन्दुस्तान ने लिखा है सत्रह नये मंत्रियों को दिलाई गयी पद और गोपनीयता की शपथ मंत्रिमंडल में अब जदयू से तेरह और भाजपा से सोलह मंत्री दैनिक जागरण ने इसी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है शाहनवाज हुसैन को उद्योग संजय झा बने जल संसाधन और सूचना तथा जनसम्पर्क मंत्री प्रभात खबर ने लिखा है गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा से विदाई देते हुये प्रधानमंत्री हुये भावुक रोये और किया सैल्युट दैनिक आज ने लिखा है ड्यूटी पर होमगार्ड की मृत्यु होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है छब्बीस जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा में शामिल दीप सिद्धू गिरफ्तार और अब अंत में मुख्य समाचार होमगार्ड जवानों के आश्रितों को मिलेगी अनुकंपा के आधार पर नौकरी

टीके की पहली खुराक लेने वाले लाभार्थियों को तेरह फरवरी से दी जायेगी दूसरी डोज